केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कहा कि जल्द ही यमूना में भी जल परिवहन शुरू होगा और इसके लिये बागपत में वाटर पोर्ट बनाया जायेगा आज बागपत में सड़क परिवहन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में यमुना में जल परिवहन शुरू होने से इलाके के उत्पादों और फसलों को तेजी से निर्यात किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की चीनी को जल मार्ग से बांग्लादेश निर्यात करने के लिये सरकार प्रयासरत है केन्द्रीय मंत्री नीतिन गडकरी ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तीन जिलों मुरादाबाद मेरठ और बागपत में कुल मिलाकर पांच सौ दस किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क योजनाओं और नमामि गंगे परियोजना क तहत प्रदूषण नियंत्रण और नदी की सफाई से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया

इससे पहले श्री गडकरी ने मुरादाबाद में नमामि गंगे परियोजना के तहत बारह सौ करोड़ रूपये से अधिक की प्रदूषण नियंत्रण और सड़क परिवहन की योजनाओं का शिलान्यास किया उन्होंने मेरठ में भी तीन परियोजनाओं की आधारशिला रखी जिसमें मेरठ बुढ़ाना शामली होते हुए हरियाणा बार्डर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण और मेरठ नजीबाबाद खंड पर चौव्वन किलोमीटर के राजमार्ग का निर्माण शामिल है मेरठ में उन्होंने काली नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने स जुड़े कई कार्यक्रमों को शुरू किया

इस अध्यादेश में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर गैर कानूनी तरीके से वैवाहिक संबंध तोड़ने का अपराध करार दिया गया है अध्यादेश में इसे दण्डनीय अपराध करार दिया गया है और इसके लिए तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है मंत्रिमंडल ने केन्द्र सरकार के कर्मचारियों क लिए मंहगाई भत्ते और केन्द्रीय पेंशन भोगियों के लिए मंहगाई राहत में बढोतरी की घोषणा की है

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का दूसरा चरण पहले चरण के नियमों के अनुसार ही जारी रहेगा

मंत्रिमंडल ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ मार्ग पर तेज रफ्तार परिवहन प्रणाली आरटीएस के निर्माण की मंजूरी दी है

इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जाम की समस्या से राहत मिलेगी मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने किसानों को वित्तीय और सिंचाई सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम को मंजूरी दे दी है इस योजना के अंतर्गत खेती में काम आने वाले साढ़े सत्रह लाख पम्प सैटों को सौर ऊर्जा के जरिए बिजली उपलब्ध करायी जाएगी सरकार ने कल स्टार्टअप की परिभाषा को सरल बनाया है

इससे पहले स्टार्टअप कम्पनियां कर में छूट भी प्राप्त कर सकती थी जब एंजल निवेशकों सहित कुल निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने इसकी मंजूरी दी है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

एक टवीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

प्रख्यात हिंदी साहित्यकार और आलोचक प्रोफेसर नामवर सिंह का कल रात निधन हो गया

उनका इलाज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में चल रहा था

हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर और पीएचडी करने के बाद उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्यापन आरंभ किया हिन्दी के शीर्षस्थ शोधकार समालोचक और निबंधकार के रूप में उनकी ख्याति बढ़ती गई और वे प्रगतिशील आलोचना के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में स्थापित हो गए उनकी प्रमुख कृतियों में आलोचना और संवाद छायावाद पूर्व रंग तथा वाद विवाद और संवाद शामिल हैं

इसके अतिरिक्त वे शलाका सम्मान साहित्य भूषण सम्मान शब्द साधक शिखर सम्मान और महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से भी अलंकृत किए गए उनके निधन के बाद पूरे प्रदेश के साहित्य जगत और विशेषकर काशी में शोक का माहौल है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज पुलवामा हमले में शहीद हुए शामली के जवान अमित के परिजनों से मुलाकात की इस मुलाकात के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर और पार्टी के महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे सरकार ने स्कूलों में बेहतर डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की शुरूआत की है यह व्यवस्था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की ही भांति होगी मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए बताया कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आएगा रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन ने निवेशकों को भारत के एयरो स्पेस के अंतर्गत इको प्रणाली और अन्य क्षेत्रों में प्रंजी लगाने के लिए आमंत्रित किया है उन्होंने कहा कि रक्षा सामग्री के निर्माण के मामले में भारत एक बड़ा बाजार है

रक्षा मंत्री ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने सहित सरकार द्वारा की गई कई पहल का जिक्र किया